दिल्ली की एक अदालत ने अगले आदेश तक के लिए सजा पर लगायी रोक

और आज से शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष का चौथा चरण

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को अब कल फांसी नहीं होगी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए सजा पर रोक लगा दी है अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने कहा कि दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है इसलिए चारों दोषियों को कल होने वाली फांसी अगले आदेश तक के लिए टाली जाती है गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय से क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद दोषी पवन कुमार गुप्ता ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है विधानसभा में आज विपक्ष के सदस्यों ने हड़ताली नियोजित शिक्षकों की मांगों के समर्थन में जमकर हंगामा किया प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद भाकपा माले के सत्यदेव राम ने कहा कि राज्य में साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है इसके समर्थन में राजद के सदस्य भी अपनी सीट से ही खड़े होकर शोरगुल करने लगे शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की लेकिन विपक्षी सदस्य लगातार शोरगुल और हंगामा करते रहे बाद में सभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी इधर विधान परिषद में भी नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया जिसे कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने नामंजूर कर दिया नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सरकार से हड़ताली शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की उन्होंने कहा कि सरकार को हड़ताल समाप्त कराने की पहल करनी चाहिए ताकि मूल्यांकन कार्य और स्कूलों में पठन पाठन कार्य बाधित न हो शिक्षा मंत्री कृष्ण प्रसाद वर्मा ने हड़ताली शिक्षकों से काम पर वापस लौटने की अपील की है श्री वर्मा ने कहा कि इन शिक्षकों के विषय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में विस्तार से चर्चा की है उन्होंने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों की मांगों पर शुरू से गम्भीर रही है श्री वर्मा ने कहा कि समान काम के बदले समान वेतन की मांग का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई औचित्य नहीं रहता है विधान परिषद में आज मैथिली भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने का मुद्दा उठा कांग्रेस के प्रेमचन्द्र मिश्र ने इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की जिसे कार्यकारी सभापति ने नामंजूर कर दिया श्री मिश्र ने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने को बावजूद बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा की अनिवार्य रूप से पढ़ाई नहीं हो रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय मिलकर नई दिल्ली में स्वास्थ्य कल्याण और पोषाहार शिविर आयोजित कर रहे हैं सप्ताहभर के शिविर में विभिन्न मंत्रालयों की महिला कर्मचारियों की मधुमेह उच्च रक्तचाप खून की कमी और अन्य समस्याओं की जांच की जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि बीस वर्षो में जच्चा बच्चा मृत्यु दर में काफी कमी आई है और सरकार इस दिशा में कई ठोस उपाय कर रही है बाईट सुमन प्रोग्राम उसमें हरेक गर्मवती महिला का वो किसी भी स्थान पर है किसी भी स्तर पर है कहीं पर भी उसका इलाज होना है वो उसका एक तरह से इलाज होना वो मैटर ऑफ राइट है और उसको अगर कोई रिफ्यूज करता है सिस्टम जो है तो वो एक प्रकार से पनिशेबल अफेन्स है लेकिन अमी हमारे को ये यात्रा को बहुत तेजी से बहुत आगे लेकर जाना है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि छह करोड़ चौदह लाख से ज्यादा महिलाएं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के ईलाज के लिए स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में गईं और लगभग सत्तर महिलाओं ने सर्वाइकल कैंसर की जांच कराई इससे पता चलता है कि महिलाओ में व्यक्तिगत चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है बाईट राष्ट्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला की कैपेसिटी महिला के योगदान और महिला द्वारा विकास के संदर्भ में भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट सभी मंत्रालय एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के विजन कि अब अगर हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक उत्थान की बात करनी है तो वो जब तक वुमन लैड डेवलपमेंट की ओर उस दृष्टिकोण से आगे बात नहीं करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा सीवान जिले में कोरोना वायरस के पांच संदिग्ध मरीजों की पहचान हुई है सिविल सर्जन ने बताया कि ये सभी चीन और ईरान से लौटे हैं उन्होंने बताया कि सभी संदिग्धों को उनके घर में ही आईसोलेट कर रखा गया है सभी के रक्त और लार के नमूने जांच के लिए पटना स्थित आरएमआरआई भेज दिये गये हैं प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है इसके तहत उन जिलों में सघन अभियान चलाया रहा है जहां टीकाकरण की दर कम है इस दौरान दो वर्ष तक की उम्र के बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है बांका और बक्सर जिले को छोड़कर राज्य के छत्तीस जिलों के दो सौ छब्बीस प्रखंडों में यह अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीका लगाने के लिए घर घर जा रहे हैं इस दौरान लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है यह अभियान सोलह मार्च तक चलेगा मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्होली राजपूत टोला के पास अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक पेट्रोल पम्प के मैनेजर से पांच लाख रूपये लूट लिये पीड़ित पैसे जमा करने बैंक जा रहा था मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा और अगले दो से तीन दिनों तक रात के तापमान में कोई अधिक अन्तर नहीं आयेगा मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि इसके बाद से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और पूर्णियां तथा आस पास के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है छपरा जंक्शन के पश्चिमी आउटर सिग्नल के पास से पूलिस ने तीन सौ सत्रह केन विदेशी शराब बरामद की है वहीं कटिहार जिले के मनिहारी स्थित स्वास्थ्य केन्द्र से पूलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है शराब को शौचालय में छुपा कर रखा गया था इधर बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे आईटीबीपी के एक जवान को गिरफ्तार किया है पटना के पाटलिपूत्र खेल परिसर में अखिल भारतीय असैनिक सेवा पावर लिप्टिंग वेट लिप्टिंग और बेस्ट फिजिक प्रतियोगिता का आयोजन चार मार्च से आठ मार्च होगा राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रतियोगिता में चालीस टीमों के चार सौ खिलाड़ी भाग लेंगे बेगूसराय जिले में इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य से अनुपस्थित रहने वाले एक सौ पचपन शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वहीं पच्चीस शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया कनबेहरी के पास एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से बस सवार दो लोगों की मौत हो गयी जबकि अठारह अन्य घायल हो गये अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के दिघली गांव में आग लग जाने से लगभग एक दर्जन घर जलकर नष्ट हो गये वहीं पश्चिम चम्पारण जिले के नौरंगिया दरदरी पंचायत के मिश्रौलिया मुजई टोला में बिजली के शॉट सर्किट से छह झोपड़ी जल कर खाक हो गये

दिल्ली की एक अदालत ने अगले आदेश तक के लिए सजा पर लगायी रोक

और आज से शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष का चौथा चरण